उनके संबोधन को हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के समुचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा इसके बाद उनका अंग्रेजी में अभिभाषण सुना जा सकता है

इस वर्ष राज्य स्तरीय समारोह भोपाल में राज्यपाल के मुख्य आतिथ्य में होगा कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह और मतदाता जागरूकता के स्टेट आईकॉन राजीव वर्मा दिव्यंका त्रिपाठी मौजूद रहेंगें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने बताया कि इस वर्ष समारोह की थीम मजबूत लोकतंत्र के लिये चुनावी साक्षरता विषय पर आधारित है

गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है खंडवा उमरिया ग्वालियर शाजापुरशिवपुरी निवाड़ी भिंड मुरैना झाबुआ इन्दौर श्योपुर रतलाम मंदसौर डिण्डोरी कटनी मंडला शहडोल और अनूपपुर सहित सभी जिलों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे नागरिक सेवा प्रदेष में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज से घर पहुंच नागरिक सेवा की षुरुआत की जा रही है मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर में इसका षुभारंभ करेंगे इस योजना को इंदौर षहर सीमा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में षुरु किया जाएगा इसके बाद इसका विस्तार पूरे प्रदेष में होगा पेश है एक रिपोर्ट प्रदेष में लोक सेवाओं को पारदर्षी और आसान बनाने के लिए घर पहंच नागरिक सेवा का नवाचार किया जा रहा है इस योजना में आवेदक स्वयं ऑनलाइन सिटी लॉगिने या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है

आवेदन के परीक्षण के बाद निराकरण होने पर मांगे गए दस्तावेज आवेदक को घर पर ही मिल जाएंगे

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इस कार्यक्रम के लिए लोग आज भी अपने विचार साझा कर सकते हैं संविधान पाठ प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब हर शनिवार को संविधान उद्देशिका का पाठ किया जाएगा इसका मकसद छात्रों के अंदर संविधान की समझ पैदा करना है

इसके लिये राज्य सरकार ने ढाई करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मलेन में श्री चक्रधर अलंत किये जाएंगे संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में कवि क्वर बैचेन सरिता शर्मा अरुण जैमिनी बद्र वास्ती काव्य पाठ करेंगे